कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 कोरोना की रोकथाम और मरीजों को पर्याप्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युद्धस्तर पर जुटे हुए हैं

रिम्स की मल्टीस्टोरी पार्किंग को कोविड वार्ड में परिवर्तित किया गया है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड की अधिक आवश्यकता पड़ रही है राज्य सरकार ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयासरत है

जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बयासी दशमलव शून्य छह प्रतिशत है इधर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच हजार पांच सौ इकतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख सात हजार दो सौ अट्ठासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर चार हजार अठारह लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पचपन हजार छह सौ उनहत्तर पहंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर उनचास हजार पांच सौ चार पहुंच गई है राज्यभर में कल एक सौ चौबीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है

वैक्सीन लेने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इले लेकर कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है इसे लेकर आज टीकाकरण से जुड़े वैसे कर्मियों जो डाटा हैंडलिंग का काम करते हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इनका टीका केंद्र पर ऑफलाइन निबंधन नहीं होगा केंद्रों पर अधिक भीड़ के बोझ को कम करने को लेकर यह व्यवस्था की गई है

इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि ये वाहन कहां रुके कितनी देर रुके और किन कारणों से रुके कई राज्यों से हाल के दिनों में वाहनों को जानबूझकर रोके जाने की शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में संबंधित कंपनियों के लिए यह निर्देश जारी किया है परिवहन आयुक्त किरण कुमारी ने कल राज्य में आक्सीजन का उत्पादन कर रही कंपनियों को पत्र लिखकर इससे संबंधित स्पष्ट निर्देश जारी किया है

मध्यप्रदेश के भोपाल और जबलपुर के लिए बोकारो से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कल देर रात लगभग दो बजे रवाना हुई इस ट्रेन से चौसठ मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजा गया है इन दिनों कोरोना मरीजों के इलाज के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है इससे पहले बोकारो से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन की तीन खेप भेजी जा चुकी है बोकारो जिले में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है

ये सभी पदाधिकारी अपने कार्यो के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा देंगे जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है उनमें हर्ष मंगला निदेशक माध्यमिक शिक्षा वरुण रंजन निदेशक बागवानी नमन प्रियेश लकड़ा आदिवासी कल्याण आयुक्त गरिमा सिंह स्कूली शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव और सिद्धार्थ त्रिपाठी वन विभाग में प्रतीक्षारत शामिल हैं इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है

ट्वीटर पर श्री मोदी ने कहा कि हनुमान जयंती का पावन अवसर बजरंग बली की दया और समर्पण की याद दिलाता है श्री मोदी ने कामना की कि कोविड महामारी से लड़ाई में भगवान हनुमान का आशीर्वाद बना रहे

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची के लोगों को जरूरत का सामान घर पर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने एक ऑल इन वन पोर्टल बनाया है इस पोर्टल का नाम संपर्क है इसमें आवश्यक सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है पोर्टल के माध्यम से दवाओं किराने के सामान रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी जैसी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है

रांची विश्वविद्यालय में मास्टर और बैचलर ऑफ लॉ की सेमेस्टर परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा एलएलएम और एलएलबी की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी कोरोना के कारण एक पेपर की परीक्षा नहीं हो सकी स्थिति सामान्य होने पर तीसरे सेमेस्टर की बची हुई एक पेपर की परीक्षा ऑफलाइन ही ली जाएगी रांची विश्वविद्यालय में कुलपति डा कामिनी कुमार की अध्यक्षता में कल हुई कोविड सेल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार एक माह का अतिरिक्त वेतन और मानदेय देगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल यह घोषणा की उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में कोरोना योद्वा दिन रात मेहनत कर सेवा में लगे हुए हैं इसे देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड कार्य में लगे चिकित्साकर्मियों और चिकित्सकों को एक महीने के वेतन और मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि देगी

आरबीआई ने कहा कि महामारी पर नियंत्रण के लिए नियमों का पालन तेजी से टीकाकरण अस्पतालों से संबंधित क्षमता बढ़ाने तथा महामारी के बाद की स्थिति पर संकल्पबद्ध होकर ध्यान देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है

टीम ने इन दुकानों को व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया है